सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के पिठौरी नंदलाल टोला में मवेशी चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर पीट पीटकर दो लोगों की हत्या कर दी गयी पूलिस सूत्रों ने बताया कि एक पिकअप वैन में सवार होकर तीन चोर एक घर में कथित तौर पर मवेशी की चोरी करने पहुंचे थे पुलिस मामले की जांच कर रही है नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आठ बच्चे सहित नौ लोगों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य बच्चे घायल हो गए हैं पहली घटना में धनपुर मुसहरी गांव में बारिश के दौरान खेल रहे बच्चे पेड़ के नीचे वजपात से घायल हो गये घायलों को काशीचक के बौरी प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्र और सदर अस्पताल नवादा में भर्ती कराया गया है इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि एक दूसरी घटना में बोझमा गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है श्री कुमार ने तत्काल मृतकों के आश्रितों को आपदा राहत कोष से चार चार लाख रूपये अनुग्रह सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने वजपात से घायल हुये बच्चों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी ईश्वर से कामना की है प्रदेश में बाढ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बाढ़ पीड़ितों ने कई जगह पर हंगामा किया पूर्वी चंपारण जिले में सिकरहना अनुमंडल कार्यालय और ढ़ाका प्रखंड के पास लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया बाढ़ पीड़ितों ने वहां आरटीपीएस कार्यालय में रखे गये फर्नीचर और कम्प्यूटरों को क्षतिग्रस्त कर दिया बाढ़ राहत में भष्ट्रचार का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने चिरैया के अंचल पदाधिकारी की पिटाई भी कर दी प्रदेश की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार आ रहा है स्थिति में सुधार के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिये गये हैं आज से बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेजने की शुरूआत की गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इसकी शुरूआत की पहले चरण में तीन लाख तेईस सौ परिवारों को एक सौ इक्यासी करोड़ रुपये की राशि भेजी गयी है इसके तहत नकद अनुदान और खाद्यान्न के लिए तीन तीन हजार रूपये दिये जा रहे हैं सीतामढ़ी में सतहत्तर हजार और दरभंगा में सड़सठ हजार परिवारों के बीच सहायता राशि भेजी जानी है इन दोनों जिलों के अलावा मध्रबनी शिवहर पूर्वी चंपारण अररिया और किशनगंज में सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित हुए है जिन लोगों के खातों में पैसे भेजे गये हैं उन्हें अड़तालीस घंटे के भीतर पैसे प्राप्त हो जायेंगे प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी घटने के बाद संक्रामक और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है बाढ़ प्रभावित बारह जिलों में स्थानीय प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों के चिकित्सकों की सभी छट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें चिकित्सा शिविरों में योगदान करने को कहा गया है बाढ़ का पानी घटने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कई स्थानों से डायरिया के मामले सामने आए हैं ज्यादातर बाढ़ प्रभावित लोग सड़कों तटबंधों पर और ऊंचाई वाले इलाकों पर शरण लिये हुए हैं इन स्थानों से सर्पदंश की घटनाएं भी सामने आयी हैं पानी घटने के बाद महामारियों की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने बडे पैमाने पर दवा ब्लिचिंग पाउडर के छिड़काव का अभियान शुरू किया है राज्य के बारह जिलों में लगभग छप्पन लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं बाढ़ से अबतक अंठानवे लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता हैं आज अलग अलग घटनाओं में समस्तीपुर सीतामढ़ी कटिहार दरभंगा और सारण जिले में तेरह लोगों की डूबने से मौत हो गयी मधुबनी दरभंगा पूर्वी चंपारण कटिहार और पूर्णियां जिले में कुछ नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से राज्य के सतानवे प्रखंड प्रभावित हो गये हैं सीतामढ़ी में लखनदेई नदी के किनारे बसे रिहायसी इलाकों में लोगों से घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है इस क्षेत्र में कई मकानों को क्षतिग्रस्त होने और गिरने की घटनाएं हुई हैं मौसम विभाग ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान वैशाली समस्तीपूर सिवान गोपालगंज और पटना में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है किशनगंज के गलगलिया में सबसे अधिक सात सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी है विधानमंडल के दोनों सदनों में नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया कल लाठीचार्ज की घटना में कई नियोजित शिक्षक घायल हो गये थे और छह शिक्षकों को हिरासत में लिया था विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर राजद और भाकपा माले के सदस्यों के शोरगुल तथा हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी विपक्ष के सदस्य सदन के बीचो बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षकों के प्रति निरंकुश रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अठाईस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार पद संभालने के बाद यह कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करने के लिए कहा है मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के कई हिस्सों में जल की कमी के बीच जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने और पानी बचाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया था

पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फार्मूला नहीं हो सकता है इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना जल संरक्षण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पन्द्रह अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप्प पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे नेपाल में भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने कहा है कि मोतिहारी आमलेखगंज पेट्रोल पाइप लाइन के चालू होने से नेपाल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पाइपलाइन से नेपाल में तेल भंडारण की समस्या से निपटने में आसानी होगी और टैंकरों के जरिए तेल पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होगी

परीक्षण के तौर पर बुधवार को मोतीहारी से डीजल छोड़ा गया जिसके आज अमलेखगंज पहुंच जाने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओली ने पिछले साल अप्रैल में श्री ओली की भारत यात्रा के दौरान इस परियोजना के लिए जमीन खोदने के काम का उद्घाटन किया था मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन से नेपाल को सुगम पर्यावरण अनुकूल और कम लागत पर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी

केन्द्र ने सभी केबल टी वी ऑपरेटरों और डी टी एच प्लेटफॉर्म को सूचित किया है कि वे द्रदर्शन के सभी चौबीस चैनल अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायें एक वीडियो संदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑपरेटर दूरदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं